इस नये फ्लाईओवर से देहरादून आने जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को घंटों लगने वाले जाम से निजात मिलेगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी पर लगने वाले जाम के लिहाज से इस फ्लाईओवर को बेहद महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने कम समय में फ्लाईओवर तैयार करने के लिए अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को बधाई दी

गौरतलब है कि देहरादून का यह पांचवां फलाईओवर है

इससे प्रदेश के भेड़पालकों को ऊन बनाने में फायदा मिलेगा पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से सितंबर तक मरीनो भेड़ प्रदेश में लाई जाएंगी ताकि प्रदेश के भेड़ की नस्ल को सुधारा जा सके

देहरादून में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की धरातल पर सफलता के लिए जरूरी है कि बड़े अधिकारी नियमित रूप से फील्ड भ्रमण करें उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर फूलों के क्लस्टर विकसित करने केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ ही अन्य मंदिरों में प्रसाद योजना का विस्तार करने और आजीविका के जिन केंद्रों पर बहुत अच्छा काम हुआ है वहां स्कूल कॉलेज के छात्रों को भ्रमण कराने के निर्देश दिये

परियोजना को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने लैंडमार्क प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी है अनेक देशों में यहां के प्रोजेक्ट को दोहराया गया है मार्केटिंग के लिए हिलांस नाम से ब्रांड विकसित किया गया है साथ ही कई बड़ी संस्थाओं से टाई अप भी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बागेश्वर में आजीविका परियोजना के अंतर्गत संचालित महिला समूह द्वारा उत्पादित मंडुवा बिस्किट का जिक्र भी किया था

खासकर मैदानी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं गर्मी से निजात मिलने में कुछ वक्त लगेगा मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मॉनसुन जुलाई के पहले हफ्ते तक दस्तक दे सकता है

इस दौरान प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है वहीं भीषण गर्मी से लोग बीमार हो रहे हैं अस्पतालों में उल्टी दस्त और ब्खार के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बासी खाने से बचना चाहिए इसके साथ ही पानी और तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए

लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए खास आयोजन किये जा रहे हैं

शिविर में स्कूली बच्चे योग के विभिन्न आसन सीखने के साथ साथ यहां सस्कार भी सीख रहे हैं आयोजकों का कहना है कि बच्चों को ऊर्जावान और संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया है अगर बच्चे योगाभ्यास की आदत डालेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे जो उनके बेहतर भविष्य में सहायक होगा शिविर में योग प्रशिक्षक ने बताया कि योग से कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं

एक दो दिन थोड़ी कमी हो गई थी जिसे दूर कर लिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अनुमान से बहुत अधिक श्रद्धालु और पर्यटक प्रदेश में आये हैं पर्यटकों की बढ़ती संख्या को राज्य के युवाओं के लिए एक अच्छे अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने के परिणाम मिलने लगे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन वेलनेस और साहसिक पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं राज्य को वेडिंग डेस्टीनेशन के तौर पर भी प्रमुख केंद्र के तौर पर उभारा जा सकता है

यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आला अधिकारियों के साथ यात्रामार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जिलाधिकारी ने गोवन्दिघाट से हेमकृण्ड तक पैदल यात्रामार्ग पर बिजली पानी शौचायल रैनबसेरा आदि व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हेमकृण्ड से एक किलोमीटर पहले रास्ते के दोनों ओर जमी बर्फ को हटाकर मार्ग को चौड़ा बनाने पेयजल और शौचालयों में पानी की आपूर्ति बहाल रखने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने पैदल यात्रामार्ग पर अवस्थित होटल ढाबों और द्रकानों का भी निरीक्षण किया घांघरिया से लगभग तीन किलोमीटर दूर एक दुकान को ओवरचार्ज करने के लिए सीज कर दिया गया जिलाधिकारी ने ईको विकास समिति को सभी होटल और ढाबों में सही रेट लिस्ट चस्पा कराने के निर्देश दिए उन्होंने हेमकृण्ड साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्वालुओं से भी यात्रामार्ग को स्वच्छ बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की

इस संबंध में नई टिहरी में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक गणना के नियमों कि विस्तार से जानकारी दी गयी रुद्रपुर में पुलिस मुख्यालय में बने चुनाव कार्यालय का आज शुभारम्भ हुआ इस मौके पर पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र अजय जोशी ने पुलिस मुख्यालय में बने सीसीटीवी रूम का निरीक्षण किया